भारत चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अचानक लेह का दौरा किया लेह के निम में अग्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी प्रधानमंत्री के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्दा नरवणे भी थे वे इस समय सेना वायुसेना और आईटीबीपी के कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं

यह क्षेत्र जन्साकार रेंज से धिरा सिन्धू नदी के तट पर है इधर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने द्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री के लेह दौरे से जवानों का मनोबल उंचा होगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में कल आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के रहनेवाले सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव शहीद हो गये उनके शहीद होने की खबर के बाद उनके पुस्तैनी गांव में गम का मौहाल है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवान के शहीद होने पर संवेदना जतायी है इघर मुठभेड़ में एक आतंकी के भी मारे जाने की सूचना है पुलिस ने बताया कि मुठभेड हजरत बल दरगाह के निकट मालबाग इलाके में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया सुरक्षाबलों ने जैसे ही संदिग्ध स्थान की ओर बढना शुरू किया आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी सुरक्षाबलों ने भी जवाब में गोलियां चलाई जिससे एक आतंकी मारा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने को लिए उठाए गए कदमों का फायदा बोकारो जिले के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के उद्यमियों को हो रहा है यहां के उद्यमी अपने उत्पाद घरेलू बाजार के अलावा एशिया और यूरोप के कई देशों में निर्यात कर रहे हैं

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्राइमरी की कक्षाओं के लिए आठ सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है इसमें बच्चों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नोंलॉजी और सोशल मीडिया साधनों का उपयोग करने के बारे में शिक्षकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी दिये गये हैं

इसमें हिन्दी अंग्रेजी उर्दू और संस्कृत भाषाएं सीखने से संबंधित गतिविधियों को भी शामिल किया गया है

मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन को लागू करने के लिए चालू वर्ष में राज्यों को आठ हजार करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध करायी गयी है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन समयबद्ध तरीके से राज्यों के साथ मिलकर हर घर जल का लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया सोशल मीडिया पर एक वार्तालाप श्रंखला शुरू कर रहा है जिसमें शीर्ष खिलाड़ी स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे फिट इंडिया वार्ता के नाम से यह सत्र मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक खेल मंत्री किरेन रिजीजू बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंध् और फ्रटबॉल टीम के कप्ताीन सुनील छेत्री के उपस्थिति में आज शुरू होगा कई जाने माने खिलाड़ी अपने बचपन के अनुभव साझा करेंगे और बतायेंगे कि उन्हें खेल के प्रति कैसे प्रोत्साहन मिला

राज्य में अवैध शराब मादक पदार्थ और छोटे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं इसके साथ सभी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षकों को इस अभियान की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है अभियान शुरू होने के बाद भी अगर किसी थाना क्षेत्र में ऐसे अपराघ होते हैं तो संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव दलियाकर्म के नीरज मर्म गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में सराहनीय कार्य के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने डायना अवार्ड से सम्मानित किया है

इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार छह सौ पैंतीस हो चुकी है जबकि पंद्रह संक्रमितों की मौत और एक हजार नौ सौ अंठानबे संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चूके हैं फिलहाल छह सौ बाइस सक्रिय मामले हैं गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमिर्तो के स्वस्थ होने की दर लगभग छिहतर प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर मात्र शून्य दशमलव पांच आठ प्रतिशत है राज्य में जांच के लिए सैंपल कलेक्शन का आंकड़ा डेढ़ लाख से ज्यादा हो चुका है पश्चिमी सिंहमूम जिले के जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार कोरोना संक्रमित पाये गये हैं टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जिला खनन कार्यालय को सेनेटाइज्ड कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है

संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कोरोना संक्रमित रोगी जिनमें चिकित्सक ने रोग के लक्षण बेहद मामूली होने या संक्रमण के बावजूद लक्षण नहीं दिखाई देने की प्रष्टि की है अपने घर पर ही प्रथकवास में रह सकते हैं मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे रोगियों के घर में स्वयं को पृथ्वक रखने की सुविधा होनी चाहिए मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एचआईवी कैंसर और अंग प्रतिरोपण वाले मामलों में घर पर क्वा रंटीन की इजाजत नहीं होगी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

इसके लिए मजदरों को एक माह का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके तहत उन्हें कृषि की आधनिक तकनीकों की जानकारी देने के साथ यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा ताकि वे आत्मनिर्मर बनकर अपना रोजगार कर सकें इसके तहत पांच मजदूरों के समूह में हर जिले के तीस प्रवासी मजदूरो को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा पहले चरण में गिरिडीह हजारीबाग और गोड्डा जिले के मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना है कोडरमा जिले की सभी पंचायतों में ढाई सौ प्रवासी अक्शल मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है

बॉलीवुड के कलाकारों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना जतायी है

जिसमें खूंटी जिले के अड़की के कोचांग में वजपात की चपेट में आने से दो सगी बहनों की मौत हो गयी है

इनमें बेसिक लाइफ सपोर्ट से युक्त इक्यानबे और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले छब्बीस एंबुलेंस होंगे